अधिवेशन की कार्यवाही भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे से शुरू होगी प्रधानमंत्री के रात आठ बजे से नौ बजे के बीच सत्र को संबोधित करने की आशा है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में गरीबी हटाने सुलभ स्वास्थ्य देखभाल तथा आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सरकार के प्रमुख उपायों की चर्चा कर सकते हैं विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्रवाई का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे समय हो रहा है जब भारत विश्व स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों और रैंकिंग में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैय्यद अकबरूदीन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व ठोस और प्रभावी परिणामों के रूप में सामने आएगा प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले विदेश सचिव विजय गोखले ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में विकास और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों का उल्लेख करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिए कूटनीति संवाद और विश्वास बहाली की भारत की प्राथमिकता दोहराई दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संचालन पर विशेष रूप से बातचीत की दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की सत्तरवीं वर्षगांठ अगले वर्ष मनाने पर सहमति हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह सत्तावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई जीओवी ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है आज विश्व पर्यटन दिवस है आज ही के दिन उन्नीस सौ अस्सी में विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ का संविधान लागू हुआ था भारत पहली बार इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का अधिकृत आयोजन कर रहा है इस वर्ष का विषय है पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी पक्षों से पर्यावरण के प्रति सजग रहने की अपील की और कहा कि उन्हें प्रदूषण की समस्याओं के प्रति और गंभीर होना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को पर्यटन के लाभ उठाने का अवसर मिल सके उपराष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में कहा कि पर्यटन से राजस्व के साथ साथ रोजगार के अवसर पर भी प्राप्त होते हैं भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर उप चुनाव में अपनी सीट बरकरार रखी है पार्टी के प्रत्याशी युवराज सिंह ने चौतीस चक्रों में चली मतगणना के बाद अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज प्रजापति को सत्रह हजार सात सौ इकहत्तर मतो से पराजित किया इस उप चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही जबकि कॉग्रेस चौथे स्थान पर रही भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चन्देल के अयोग्य घोषित हो जाने के कारण यह विधानसभा सीट रिक्त हो गयी थी तेईस सितम्बर को इस सीट के लिए उप चुनाव कराया गया था जिसमें कुल नौ उम्मीदवारो ने भाग लिया था प्रदेश में पिछले दो दिनों से मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने से आम जन जीवन प्रभावित हो गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह जल भराव और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुआ है गोरखपुर अयोध्या मऊ चन्दौली जौनपुर अमेठी लखनऊ फतेहपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बीते अड़तालिस घंटों से लगातार तेज और रूक रूक कर वर्षा हो रही है प्रदेश के कई जिलों में कल तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गयी है भारी वर्षा होने के कारण कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गयी है वर्षा से सड़क धॅसने पेड़ गिरने तथा आकाशीय बिजली गिरने एवं दीवाल गिरने के कारण पिछले छत्तीस घंटों के दौरान बीस लोगों के मौत होने की खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत मुहैय्या कराने का आदेश दिया है श्री योगी जल भराव से भी तेजी से निपटने के लिए भी निर्देश दिए